कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही वंशवाद की राजनीति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को आगे बढ़ने से रोका हुआ था उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था में अब यह केन्द्र सरकार की प्राथमिकता होगी कि राज्य के कर्मचारियों को अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों और पुलिस कर्मचारियों की तरह समान सुविधाएं मिलें प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केन्द्र व राज्य के सभी रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करने वालों की आपत्तियों का भी सम्मान करती है और इन आपत्तियों को दूर करने के लिये भी काम किया जा रहा है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है नाहन में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा वर्ग की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है बिंदल ने बताया कि नाहन में सात करोड़ रुपए की लागत वाले इंडोर स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में हैं और एक माह में इसका लोकापर्ण कर दिया जाएगा धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्त्ताओं से पार्टी को आदर्श संगठन बनाने का आहवान किया है हमीरपुर में आज एक बैठक में उन्होंने भारत छोड़ों आंदोलन की शुरूआत की वर्षगांठ पर सभी पदाधिकारियों से संगठन को सुदृढ़ करने का संकल्प दिलाया बेटी बचाओ सोलन जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत गठित कार्यबल की बैठक आज सोलन में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि बालिकाओं के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिले में प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारियों का आशा कार्यकर्त्ताओं के साथ तालमेल होना जरूरी है पौधरोपण प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में आज पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनका संरक्षण व संवर्द्वन सुनिश्चित बनाने की जरूरत है स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी पौधरोपण अभियान में भाग लिया विरोध प्रदेश कांग्रेस ने बिलासपुर के खेल छात्रावास को जम्मू बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर हैरानी जताई है इस केंद्र में वालीबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से केंद्र के इस प्रस्ताव पर अपना रूख स्पष्ट करने की मांग की है उन्होंने कहा कि पार्टी हर स्तर पर इस फैसले का विरोध करेगी

किन्नौर जिले में भारी वर्षा बादल फटने की घटना से कानम गांव में सेब बागीचों को नुक्सान पहुंचा है इसके अलावा पेयजल लाईने भी क्षतिग्रस्त हुई हैं लाबरंग से कानम को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर बने पुल के बाढ़ की चपेट में आने से कानम गांव का सम्पर्क ट्रट गया है उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि प्रशासन की ओर से राहत टीम कानम भेजी गई है और विभागों को नुक्सान का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं उधर चंडीगढ़ मनाली उच्च मार्ग पर मनाली से औट के बीच पहाड़ियों से पत्थर गिरने के चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है मंडी से कुल्लू जाने वाले वाहनों को बजौरा होकर भेजा जा रहा है जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई वर्षा से जगह जगह भूस्खलन हुआ है और नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है